उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत का अर्थ आयात को कम करना और दुनिया में निर्यात का विस्तार करना है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आयेगा श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा

लॉकडाउन के पहले चरण के बाद से औदयोगिक संगठनों के सदस्यों के समक्ष अपने पहले महत्वपूर्ण भाषण में प्रधानमंत्री ने लोगों की जीवन रक्षा और देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने की आवश्यकता पर जोर दिया श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहत मदद की है

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है

महिलाएं हों दिव्यांग हो बुजुर्ग हो श्रमिक हो हर किसी को इससे लाभ मिला है प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

उन्होंने मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड का आह्वान करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह किया जिनका देश में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को कोरोना महामारी से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने पड़े हैं लेकिन इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी प्रयास किये गये हैं

सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा निर्देशित कई गतिविधियों को छूट दे दी है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस संबंध में कहा कि सरकार कोरोना संकमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गये निर्देषों का सख्ती से पालन करेगी

राजधानी रांची में भी सड़कों पर लोगों का आवागमन शी षुरू हो गया है हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि धनबाद की सड़कों पर ऑटो रिक्शा दौड़ने लगे हैं

कई द्रकानें भी खुल गयी हैं

इस दर में निरंतर सुधार हो रहा है

स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज कहा कि कोविड से लड़ाई में देष के लोग सहयोग करें और दिये गए निर्देष के अनुसार सामाजिक दुरी का पालन कर एहतियात बरतें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 राज्य में कोरोना मरीजो की संख्या बढ़कर सातसौ से अधिक हो गई है आज पच्चीस से अधिक नए कारोना संक्रमित मिले रामगढ़ में पांच हजारीबाग में चार गढ़वा मेंएक और रिम्स में चार लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि आज हई है राज्य में अब तक बायसी हजार से अधिक सैंपल लिए गए और उन्नतर हजार से अधिक सैंपल की जांच की जा सकी है

इन चार संक्रमित मरीजों में मरकच्चो प्रखंड के राजारायडीह गांव के दो सगे भाई बहनों को भी आज अस्पताल से छट्टी मिली जो पिछले दिनों महाराष्ट्र से लौटने के बाद पॉजिटिव पाए गए थे

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग की शुरुआत की इस अवसर पर स्वास्थ मंत्री ने कहा कि सरकार की यह कोशिश होगी कि राज्य के संबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द डायलिसिस की सुविधा मिल सके उन्होंने रिम्स में नेफ्रोलॉजी विभाग शुरू होने के लिए रिम्स निदेशक और अधीक्षक समेत उनकी पूरी टीम को बधाई देते हए कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि गरीब मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके और उनकी परेशानी कम हो सके उन्होंने कहा कि सरकार लैब टेक्निशयन और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक रूख के साथ प्रयासरत है

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के आत्मसमर्पण करने वाले चौदह उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और प्रनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने के प्रस्ताव को स्वीकृ ति दे दी है आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों में तीन को चार चार लाख रुपए नौ उग्रवादियों को दो दो लाख रुपए और दो उग्रवादियों को एक एक लाख रुपए की राशि का भुगतान पुनर्वास अनुदान के रुप में किया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

गोड्डा उपायुक्त किरण कमारी पासी ने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मनरेगा योजना के तहत नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना बिरसा हरित ग्राम योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत की गई है सुद्र सुंदर पहाड़ी प्रखंड में पानी रोको पौधारोपण अभियान के तहत कशवाहा पंचायत एवं चंदना में कार्य प्रारंभ हो गया है सौ हेक्टेयर में गांव का पानी गांव में ही रोकने के लिए गड्ढे करने का काम तेजी से किया जा रहा है इस अभियान में प्रत्येक गांव में विभिन्न टोले में कम से कम पांच योजनाएं श्रू की जाएंगी उन्होंने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण का कार्य श्रू हो गया है जल संचय करने के काम को काफी गंभीरता से लेने का निर्देष दिया गया है मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने खूंटी के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव में कहा कि गांव के लोग स्वेच्छा से विकास का संकल्प लें तो कोई भी सरकारी योजना धरातल पर मूर्त रूप ले सकती उन्होंने ग्नी गांव की ग्रामसभा और सखी मंडलों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि योजना को सफल बनाने के लिए अधिकारी ग्रामीणों के बीच विश्वास जगाएं

पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के मेराल गांव में कल पुलिस और ग्रामीणों के बीच हई हिंसक झड़प मामले में पुलिस की ओर से माले नेत्री दिव्या भगत सहित दो सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इसमें पन्द्रह नामजद और दो सौ अज्ञात लोग शामिल है रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ द्ष्कर्म करने के प्रयास के आरोपी सीनियर रेजिडेंट डॉ अरुण कुमार र्मौर्या ने आज न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अदालत ने उन्हें चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया राज्य सरकार के अनुरोध पर दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता ने आदेष जारी कर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली कई विशेष रेलगाड़ियों के ठहराव को वापस लिया है

जिन रेलगाड़ियों के ठहराव में बदलाव किया उनका ठहराव चक्रधरपुर और टाटानगर स्टेशन में नहीं होगा